मौसम प्रदेश में पिछले दिनों हई बर्फबारी के बाद अब तक भी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है

शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने आकाशवाणी को बताया कि जिले के उपरी इलाकों के लिए आज यातायात व्यवस्था को आंशिक तौर पर बहाल कर दिया गया है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि शिमला शहर के अधिकतर मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया गया है और बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं उधर हिमपात से लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा कुल्लू और शिमला जिले के कई इलाकों में विद्युत व पेयजल आप्रर्ति अभी भी बाधित बनी हई है

ज़िले के अंदरूनी मार्गो पर बस सेवाएं ठप्प होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला और चम्बा ज़िलों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है बरागटा भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज ठियोग कोटखाई जुब्बल और रोहडू क्षेत्र में अधिकारियों के साथ बैठक कर बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायज़ा लिया उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी युद्वस्तर पर कार्य कर जनजीवन सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में बताया कि ये कार्य जल्द पूरा किया जाएगा जिससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ये मामला उठाया था और ये निर्णय इसी का परिणाम है

सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इस स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य का चौतरफा विकास हो रहा है

कांगड़ा जिले के रैहन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए डॉक्टरों और पैरामैडिकल स्टाफ के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है इससे पूर्व विपिन परमार ने फतेहपुर के देहरी में स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती के उपलक्ष्य में एबीवीपी द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भी शिरकत की उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए युवाओं से महापुरूषों के आदर्शो का अनुसरण करने का आहवान किया अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से लागू हो गया है केंद्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज अभियान के तहत पालमपुर में मौजूद रहेंगे इसी तरह अन्य मंत्रिमण्डल सदस्य सांसद व भाजपा विधायकों सहित अन्य नेता अलग अलग बूथों पर जन जागरण अभियान में भाग लेंगे

इसके तहत पार्टी ने आज सोलन जिले के कुमारहट्टी में लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि ये अधिनियम मानवीय संवेदनाओं का ऐतिहासिक दस्तावेज है और इस महत्वपूर्ण संशोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं सोलन मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस अधिनियम को लेकर लगातार भ्रांतियां फैला रहे हैं सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सैनिक स्कूलों में सस्ती शिक्षा देने पर बल दिया है ताकि प्रत्येक वर्ग को इन स्कूलों का लाभ मिल सके नई दिल्ली में सैनिक स्कूल संगठन के संचालक मण्डल की बैठक में उन्होंने कहा कि इससे समावेशी समाज का निर्माण भी संभव हो सकेगा शिक्षा मंत्री ने वर्तमान परिवेश में सैनिक स्कूलों के महत्व पर चर्चा की और सुझाव भी दिए

वे मण्डी जिले के सरकाघाट में स्वामी विवेकानन्द जन्म शताब्दी कार्यक्रम में बोल रहे थे वीरेन्द्र कंवर ने सरकाघाट के ढलवान में चैक डैम का भी शिलान्यास किया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन क्षेत्र में निहोग से बोहरलीघाट के लिए सड़क की आज आधारशिला रखी

बाद में राजीव बिंदल ने निहोग स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया पुण्य तिथि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पुण्य तिथि पर आज श्रद्धासुमन अर्पित किए गए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सेवाओं को याद किया गया